रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा है आज नई दिल्ली में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान पर सामूहिक राजनयिक दबाव पड़ा है

श्री सिंह ने कहा कि बालाकोट हवाई हमले ने भारत के इस संदेश को स्पष्ट कर दिया है कि अब सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कठोर निर्णय के लिए सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका होती है और ये करगिल उरी और पुलवामा हमलों से सिद्ध हो गया है बाईट सही समय पर सही निर्णय लेने के सैन्य नेतृत्वों के संकल्प के साथ राजनीतिक नेतृत्वों की द्र ढ़ता करगिल पुरी और पुलवामा हमले के बाद हमारी कार्रवाई में दिखा है मुझे लगता है कि संदेश स्पष्ट है कि हमारे लोगों पर इस तरह के छद्म युद्ध को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा वायु सेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने कहा कि सेना में रफाल लड़ाकू जैट विमानों को शामिल किये जाने के साथ ही सेना की क्षमता और बेहतर हो जाएगी

आज ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति आय उद्योग धंधों और आधारभूत संरचना के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे है इसलिए बिहार को उसका हक मिलना चाहिए बैठक की अध्यक्षता कोन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की वहीं परिषद के उपाध्यक्ष को तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की बैठक में झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन को लेकर डोमेसाईल नीति लागू नहीं होगी विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में अभी जातिवार और आर्थिक आधार पर नौकरियों में बहाली या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए साठ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है उन्होंने कहा कि शेष चालीस फीसदी पदों के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए चयन खुली प्रतियोगिता के आधार पर होता है उन्होंने कहा कि इसमें बिहारीवासी या गैरबिहारी दोनों के लिए विकल्प उपलब्ध है विधानसभा में आज विपक्षी दल सीपीआई माले के सदस्यों ने राज्य भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर सरकार पर गरीबों को तंग करने और उजारने का आरोप लगाया इस मुद्दे को लेकर माले के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की इस मुद्दे को लेकर सीपीआई माले के महबूब आलम और राजद के ललित कुमार यादव ने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था जिसे अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने अस्वीकृत कर दिया हंगामे के कारण शोर शराबे के बीच शून्यकाल की कार्यवाही पूरी हुई प्रदेश में इंटरमीडिएट की उत्तर प्रस्तिकाओं की मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर रहे हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है गोपालगंज जिले में ड्यूटी नहीं करने पर एक सौ अठारह शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया वहीं खगड़िया में दो सो दो नियोजित शिक्षकों को कार्य से अन्पस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार पर शिक्षकों का दमन करने का अरोप लगाया है संघ के महासचिव केदार नाथ पांडेय ने मांग की कि सरकार को शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन और अन्य लाभ देना चाहिए उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के मामले में सरकार ढीला ढाला रवैया अख्तियार किये हुए है पांच साल बीत जाने के बावजूद शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली तैयार नहीं की गयी है निगरानी जांच ब्यूरो ने भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में सरना भरौली पंचायत के मुखिया संजय कुमार सिंह को तिरसठ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है मुखिया के खिलाफ ग्राम पंचायत की वार्ड सदस्य फूल कुमारी देवी ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज करायी थी गिरफ्तार मुखिया ने नल जल योजना के तहत काम कराये जाने के बाद वार्ड सदस्य से भूगतान के एवज में एक लाख छब्बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी आज देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक विज्ञानी सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए बेहतर माहौल बनाने के अनेक प्रयास कर रही है श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अटल इरादों को नमन करने का अवसर है उन्होंने कहा कि उनके नूतन उत्साह और अग्रणी अनुसंधान से भारत और विश्व को मदद मिली है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से विभिन्न क्षेत्रों में उभर रही समस्याओं के समाधान के राष्ट्रीय प्रयास में भागीदारी करने का अनुरोध किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक योजना है किरण जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषों की संख्या में समानता लाना और महिला वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण जैसे मुद्दों का समाधान करना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में चिकित्सकों और नर्सों के रिक्त पड़े पदों पर इस वर्ष मार्च तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी श्री पांडेय ने विधान सभा में राजद के शिवचंद्र राम के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद दस हजार से अधिक हैं लेकिन छह हजार चार सौ सैंतीस पद अभी रिक्त हैं रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़वाने वाले लोगों को राज्य सरकार एक हजार रूपये से दस हजार रूपये तक का इनाम देगी राज्य कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है प्रस्ताव के अनुसार जो लोग भ्रष्ट लोक सेवकों के बारे में जानकारी देंगे उनका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा गंगा नदी पर नवनिर्मित जय प्रकाश सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन आज से बंद कर दिया गया है अब केवल छोटे वाहनों की ही आवाजाही इस पुल से होगी परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त हो गया जिसके चलते यह कदम उठाया गया है गौरतलब है कि पिछले वर्ष रेलवे ने आपत्ति जताते हुए इस रेल सह सड़क सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था म्यांमा के राष्ट्रपति यू विन मियंट ने आज बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष प्रजा अर्चना की म्यांमा के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ आज विशेष विमान से गया हवाई अड्डा पहुंचे उनका स्वागत राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर किया उनके साथ अट्ठाईस सदस्यीय शिष्टमंडल भी बोधगया पहुंचा है राष्ट्रपति अगले दो दिनों तक बोधगया के विभिन्न बौद्ध स्थलों एवं मठों का भ्रमण करेंगे इसके बाद वे कल अपने देश लौट जाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरिच ब्यूरो द्वारा बेतिया के संत कोलम्बस विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन बेतिया के डाक अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद ने किया समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया कार्यक्रम का उद्देश्य अनेकता में एकता की भावना को दर्शाना है